न्यायमूर्ति अर्जन कमार सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने मतदाता सूची टेक्स्ट प्रारूप में उपलब्ध कराने संबंधी श्री पायलट की मांग भी दूकरा दी न्यायालय ने पिछले सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था

चुनाव आयोग ने पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया था कि पहली मतदाता सूची का मसौदा इस साल जनवरी में तैयार हो गया था जबकि मई में उसमें संशोधन कर ठीक कर दिया गया

आयोग ने सभी राज्यों में मुख्य चुनाव अधिकारियों को पिछले दिनों भेजे गए पत्र में यह बात कही है

इसके तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उनके विरूद्व अगर कोई आपराधिक मामले दर्ज है तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित प्रसारित करना अनिवार्य होगा

श्री गल्होत्रा कल शाम अजमेर में प्लिस अधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य भर में आपराधिक किस्म के लोगों को पाबंद किया जा रहा है तथा सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर है ताकि कोई माहौल को खराब ना कर सके उन्होने बताया कि आचार संहिता के उल्लघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी श्री गल्होत्रा ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस अधीक्षको को ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जो चुनाव में माहौले को खराब कर सकते हैं इससे पहले अजमेर रेंज के पूलिस अधिकारियों की बैठक में महा निदेशक ने संभाग में जा रही तैयारियों का ब्यौरा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए

प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार उनके जन्मदिन को जन्मशती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी समारोह को संबोधित करेंगे श्री मोदी इस अवसर पर एक डाक टिकट और विशेष आवरण भी जारी करेंगे

इस सम्मेलन में विशेष मुददे विवरण की गोपनीयता और सूचना का अधिकार सूचना अधिकार अधिनियम में संशोधन और सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर चर्चा की जा रही है

जीका प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरों की रोकथाम के पूख्ता उपाय करने के साथ विशेष सतर्कता बरती जा रही है इन क्षेत्रो में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी निगरानी कर रही है श्रीमती ग्रप्ता ने जीका वायरस का गर्भवती महिलाओं पर इसके द्ष्प्रभाव को देखते हुए उनकी स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये है उन्होंने बताया कि जीका वायरस क्षेत्रो में स्क्रीनिंग के साथ ही एंटीलार्वा गतिविधियां संचालित की जा रही है

फेस्टिवल की औपचारिक शुरूआत कल जिला कलक्टर नरेश कुमार शर्मा ने की फेस्टिवल में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार भाग ले रहे है